प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमारी संस्कृति में पानी के महत्व पर बल देते हये इसके बचाव तथा इसका अच्छा प्रयोग करने की जरूरत पर बल दिया आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के जीरिये अपनी मन की बात की पहली कड़ी में श्री मोदी ने पानी की ऊर्जा का स्त्रोत बताते हये जीवन की शक्ति तथा पानी की समस्या के हल के लिये लोगों को सहयोग और दृढ़ इरादे को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने न्या जल शक्ति मंत्रालय बनाया है जिसके जरिये पानी की संभाल पानी के स्त्रोत तथा अन्य समस्याओं को स्लझने के लिये तेजी से फैसले लिये जायेंगे झारखंड के हजारों बाग जिले के संरपच को मिसाल देते हये प्रधानमंत्री ने लोगों को नसीहत दी कि गांव गांव में पानी के तलाब बनाये जाये उनकी सिफाई की जाये तथा सारे देश में पानी के संकट को हल करने के लिये कदम उठाये जायें

केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने अखिल भारतीय आर्य्विज्ञान संस्थान एम्स मनेठी के निर्माण के बारे में कहा कि चुनाव से पहले वे चार वर्षो से एम्स के लिये मशक्कत कर रहे है तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एम्स को लेकर चिट्ठियों लिखी है वन सलाहकार कमेटी द्वारा जो भी आपितयां लगाई गई है सरकार आज के दिन उनक पर विचार कर रही है तथा जो रास्ता नज़र आयेगा उस पर चलकर देखेगी एम्स हरियाणा के अंदर बनेगा आज रेवाडी जिले के गांव टांकड़ी में ब्रस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करने उपरांत पत्रकारों के सवाल का जवाब तदे हये उन्होंने कहा कि च्नाव से पूर्व पार्टी हाईकमान द्वारा विदयायकों व मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर पार्टी टिक्टों का बंटवार करेगी अम्बाला छावनी से जगाधरी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अम्बाला से साहा तक चारमार्गी सड़क बनाने के निर्माण कार्य की आज विधिवत श्रूआंत कर पूजा अर्चना की गई

इस सडक के दोनों और सर्विस लेन बनाई जायेगी

म्ख्यमंत्री ने निगम पार्षदो व अधिकारियों के साथ वार्डो के विकास कार्यो को लकर बैठक भी कीह मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि नये बस अड़डे का शहीद मदन लाल शींगरा के नाम पर रखा जायेगा

म्ख्यमंत्री ने कहा कि सितम्बर महीनें मे पता लगा जायेगा किस उम्मीदवार को टिक्ट मिलेगी किसे नहीं

तेज़ली खेल परिवार में दो करोड़ अस्सी लाख रूपये से फैसिलिटेश सेटर का निर्माण भी प्रगति पर है हरियाणा के कलां एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग दवारा पहली बार कला संस्कृति योजना के ंअंतर्गत विभिन्न प्रस्कार प्रदान किये जायेंगे जिसके तहत गायन वान नृत्य रंगमंच चित्रकला एंव मूर्तिकला के कलाकरों से निर्धारित प्रपत्र प्रवटिष्यां दस जुलाई तक आमत्रित की गई है

आज सोनीपत जिले के खरखौदा उन्होंने कहा कि संतो ने सदैव ही समाज का पथ प्रदर्शन किया है